प्रदेश में आज नये स्वरूप में होगा वंदे मातरम का सामूहिक गान

बजट प्रसारण केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश करेंगे अरूण जेटली के बीमार होने की वजह से श्री गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मौजूदा सरकार का यह अंतिम बजट होगा चुनावी साल होने के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार बजट में मध्यम वर्ग और किसानों के लिये कई रियायतों का ऐलान कर सकती है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज बजट का सीधा प्रसारण करेगा इसमें बजट के बारे में विशेषज्ञों के विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन और बजट के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया शामिल होंगी यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों तथा आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया मंचों टवीटर और फेसबुक के ए आई आर न्यूज अलर्टस तथा न्यूज ऑन ए आई आर यू ट्यूब चैनल पर सुबह दस बजकर दस मिनट से उपलब्ध होंगे वंदे मातरम आज से प्रदेश में नये स्वरूप में वन्दे मातरम का सामूहिक गायन होगा

सामूहिक गायन में जनता की भागीदारी बढ़ाने के उददेश्य से कार्यक्रम को नया स्वरूप दिया गया है भोपाल में पुलिस बैंड शौर्य स्मारक से राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले गीतों की ध्न बजाते हए वल्लभ भवन की ओर रवाना होगा इसमें आम लोगों की सहभागिता भी होगी सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविन्द सिंह और जनसम्पर्क मंत्री पीसीशर्मा शौर्य स्मारक से कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे

सामूहिक गायन में मंत्रालय सहित सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के शासकीय कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे कार्यक्रम में भाग लेने वालों की सुविधा के लिए मध्यप्रदेश ट्ररिज्म द्वारा विशेष इंतजाम किये गये हैं प्रदेश में जिला स्तर पर भी आज वंदे मातरम गान के आयोजन किये जायेंगे खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी सामूहिक गान की तैया की गई है कांताराव भोपाल में आज से जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने बताया है कि आगामी लोकसभा च्नाव की तैयारियों के संबंध में आज और कल नरोन्हा प्रशासन अकादमी में यह प्रशिक्षण दिया जायेगा प्रशिक्षण का शुभारंभ भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव के एफ विलफ्रेड करेंगे आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारियों की भूमिका तथा जिम्मेदारी उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की वैधता स्क्रूटनी प्रतीक चिन्हों का आवंटन ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपैट पेड न्यूज सोशल मीडिया मतगणना एवं परिणाम घोषणा पर प्रशिक्षण दिया जायेगा आबकारी बैठक वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेन्द्र सिंह राठौर ने कल इन्दौर में आबकारी विभाग के अधिकारियों की बैठक में कहा कि आबकारी अधिकारी कर राजस्व बढ़ाने का प्रयास करें उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री बिल्कुल नहीं होना चाहिये और शराब के अवैध अहाते भी नहीं चलना चाहिये श्री राठौर ने कहा कि मंदिर मस्जिद और स्कूल के आसपास भी शराब की दुकान नहीं होना चाहिये

रोजाना दो पालियों में ऑनलाईन परीक्षा ली जायेगी

परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र पर डेढ़ घंटे के पहले पहुंचना होगा इस परीक्षा में प्रदेश के दो लाख से अधिक आवेदक और अन्य प्रदेशों के आवेदक भी शामिल होंगे

स्कूलों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के पालकों को मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव शोभित जैन ने मीटिंग आयोजित करने के बारे में सभी जिला कलेक्टरों और स्कूल शिक्षा विभाग के मैदानी अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं शासकीय स्कूलों में पालक शिक्षक मीटिंग आयोजित करने का मकसद पालकों को उनके बच्चों की शैक्षणिक प्रगति के बारे में जानकारी देना और स्कूल की अकादमी गतिविधियों से अवगत कराना है साथ ही उनके सुझाव प्राप्त कर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का प्रयास भी किया जायेगा

भोपाल के हबीबगंज रेल्वे स्टेशन से यात्रा की शुरूआत होगी

इनमें भोपाल विदिशा सागर दमोह बुरहानपुर खण्डवा हरदा जबलपुर परासिया शिवपुरी अशोकनगर गुना इटारसी कटनी नरसिंहपुर के तीर्थ यात्री शामिल होंगे प्रत्येक ट्रेन में तीर्थ यात्रियों की देख रेख के लिये दस दस सुरक्षाकर्मी साथ रहेंगे यात्रा पाँच दिन की होगी

यात्रियों के लिये भोजन चाय नाश्ता रूकने की व्यवस्था और तीर्थ स्थल तक बसों से ले जाने और लाने के लिये गाइड की व्यवस्था रहेगी कुंभ जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपने व्यक्तिगत उपयोग की सामग्री अपने साथ रखने के लिये कहा गया है पटवारी खेल खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है कि खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन हमेशा प्रोत्साहित करते हैं खिलाड़ी कड़ी मेहनत से पदक अर्जित करता है इसलिये सरकार का कर्त्तव्य है कि उन्हें हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराए

खेल मंत्री श्री पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश में वाटर स्पोर्टस की अपार संभावनाएँ हैं उन्होंने इंदौर के बिलावली तालाब को भी वाटर स्पोर्टस के लिए उपयोगी बनाने में सहयोग देने की बात कही मौसम प्रदेश में पड़ रही सर्दी में उतार चढ़ाव का दौर जारी है पिछले दो दिनों से पड़ रही तेज सर्दी में कल बदलाव महसूस किया गया यहां दिन में तेज धूप खिलने और बादल छाये रहने से तापमान में मामूली बढ़ौतरी दर्ज की गई वहीं रात में अभी भी तेज सर्दी का असर बरकरार है

गुना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में पड़ रही ठंड को देखते हुए आज और कल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है